केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिये ट्रस्ट के गठन को मंजूरी दे दी है इस ट्रस्ट का नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा इस संबंध में सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर दी है ट्रस्ट का कार्यालय दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में होगा इस ट्रस्ट में पंद्रह ट्रस्टी होंगे जिनमें से एक हमेशा दलित समुदाय से होगा मन्दिर संबंधी सभी फैसलों के लिए ट्रस्ट पूरी तरह स्वतंत्र होगा अधिसूचना में ग्रह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ का भूखंड उपलब्ध कराने के लिए आवंटन पत्र पहले ही जारी कर दिया है इससे पूर्व राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन से संबंधित कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि सड़सठ एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित की जाएगी साउंड बाईट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है ये ट्रस्ट भगवान श्रीराम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राममंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा प्रधानमंत्री ने उच्चतम न्यायालय के अयोध्या फैसले पर देशवासियों द्वारा दिखाई गई परिपक्वता की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रणाली और प्रक्रियाओं पर उल्लेखनीय विश्वास व्यक्त किया है

परिवार के हर सदस्य का विकास हो वो सुखी रहे इसी भावना के साथ सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र पर चल रही है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि आज समूचे देश के लिए खूशी और गौरव का दिन है गृह मंत्री ने भारत की अटल आस्था के प्रतीक भगवान श्रीराम का मन्दिर बनाने की प्रतिबद्धता के लिए भी प्रधानमंत्री को बधाई दी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्रस्ट में दलित समुदाय के एक सदस्य को शामिल किये जाने का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि इससे समरसता की नींव मजबूत होगी निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी दोषियों को अलग अलग फांसी देने से इंकार कर दिया है न्यायालय ने केन्द्र सरकार की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि एक ही अपराध में सभी दोषियों को अलग अलग सजा नहीं दी जा सकती है दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है भागलपुर समेत देश के पांच ट्रिपल आईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस आशय की जानकारी दी श्री जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सहकारिता बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक तंत्र के अंतर्गत लाने का फैसला किया है इस फैसले से सहकारिता बैंकों के कामकाज में अधिक विश्वसनीयता और पारदर्शिता आयेगी

ये केवल बैंकिंग के मुद्दे के लिए ये रेगुलेशन रहेगा बाकि जो एडमिनिस्ट्रेंटिव और रोज के कॉपरेटिव रजिस्ट्रार का जो रेगुलेशन होता है वो चलता रहेगा पटना सहित प्रदेश के अधिकांश नगर निकायों के चतुर्थवर्गीय दैनिक कर्मियों के आज लगातार तीसरे दिन हड़ताल पर होने के कारण साफ सफाई व्यवस्था चरमरा गयी है विभिन्न शहरों के मुख्य इलाकों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है कर्मियों की मांग है कि जब तक आउटसोर्सिंग से बहाली का फैसला वापस नहीं लिया जाता है और जब तक उनकी सेवा स्थायी नहीं की जाती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी इधर पटना नगर निगम के पार्षदों की बैठक में आउटसोर्सिंग संबंधी सरकार के निर्णय के विरोध में पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का फैसला किया गया जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में भोजपुर निवासी सीआरपीएफ जवान रमेश रंजन शहीद हो गये वे जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इसाढ़ी के देव मुहल्ला के रहने वाले थे पछ्आ हवा के कारण प्रदेश भर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान अब भी सामान्य से नीचे बना हुआ है मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिनों तक तापमान में कोई खास अंतर नहीं आयेगा आज पटना का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया वहीं गया का न्यूनतम तापमान बारह दशमलव आठ भागलपुर का दस और प्रर्णिया का आठ दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया केन्द्रीय बजट में किसान रेल के प्रावधान के तहत बिहार से भी किसान रेल चलेगी इसके लिये फतुहा में नया कार्गो सेंटर विकसित किया जायेगा इसमें कोल्ड स्टोरेज और तापमान नियंत्रित करने के संयंत्र लगाये जायेंगे जानकारी के अनुसार तापमान नियंत्रित स्टोरेज विकसित करने के लिये केन्द्रीय रेल साइड वेयर हाउसिंग कारपोरेशन को मंजूरी दी गयी है इस परियोजना के पूरा हो जाने से किसानों के उत्पाद बिक्री के लिये देश के विभिन्न स्थानों पर भेजे जा सकेंगे लोक सेवाओं में ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने और नवाचारी योगदान के लिये सहरसा जिले का चयन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड के लिये किया गया है केन्द्र सरकार राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई की जांच करवायेगी श्रम संसाधन विभाग के निदेशक धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि ग्रेडिंग प्रक्रिया के तहत सभी संस्थानों की थर्ड पार्टी जांच का फैसला किया गया है इसके तहत संस्थानों में उपलब्ध आधारभूत संरचना और शिक्षक छात्र के अनुपात के साथ साथ अन्य बिन्दुओं की जांच होगी मानकों पर खरा उतरने वाले संस्थानों को अनुदान मिलेगा सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की ओर से सासाराम प्रखंड मुख्यालय में आज दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण उपलब्ध कराने के लिये विशेष शिविर का आयोजन किया गया भागलपुर जिले के तेरह अंचलाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है इन सभी पर बार बार निर्देश देने के बावजूद जमीन के म्यूटेशन से संबंधित आवेदनों का समय सीमा के अंतर्गत निपटारा नहीं करने का आरोप है बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या इकतीस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से बीस लाख रूपये मूल्य के गांजा के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया है कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र के अग्रसेन भवन के पास विद्युत पोल पर कार्य कर रहे एक विद्युत कर्मी की करंट लगने से मौत हो गयी नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र में नारियल पानी की आड़ में शराब बेचे जाने के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है मौके से भारी मात्रा में देशी शराब बरामद की गयी है अरवल जिले में जन वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता लाने के लिये जिलाधिकारी रविशंकर चौधरी ने जागरूकता रथ को रवाना किया